उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे मारकंडा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने हमीरपुर के तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में आज अत्याध्रनिक वैब स्ट्र्डियो और डाटा सेंटर का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि ये केंद्र आध्रनिक व ऑनलाईन शिक्षा संहित डाटा कलैक्शन में एक मील पत्थर साबित होगा मारकंडा ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय में ढांचागत विकास नए पदों के सूजन और अन्य सुविधाओं को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि तकनीकी व वोकेशनल शिक्षा को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा गोविंद ठाकुर शिक्षा और भाषा व कला संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियम तैयार किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक गतिविधियों से जूड़े लोगों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकम भी चलाए जाएंगे गोविंद ठाकूर ने कहा कि विभाग जल्द ही इन गतिविधियों के संचालन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा राकेश पठानिया युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि सरकार रोहडू क्षेत्र की चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित करेगी उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है चांशल क्षेत्र का दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा कि घाटी में साहसिक पर्यटन विकसित करने की आपार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को आर्थिक तौर पर भी लाम होगा पठानिया ने रोहड में विकास कार्यो की समीक्षा भी की आग्र ह सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का आग्रह किया है किशन कपूर लोकसभा में शन्यकाल के दौरान बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इससे हिमालयी राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावित ढंग से लागू किया जा सकेगा इसके अलावा मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की समस्याओं पर विचार हो सकेगा उन्होंने शिक्षा में ग्णात्मक सुधार के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा को एक सराहनीय प्रयास बताया

हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कल आ सकेंगे इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी

उन्होंने कहा कि ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है इसके तहत सोलन में भाजपा महिला मोर्चा ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया इस दौरान महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रिया शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है

स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोर्म पर भेज सकते हैं